इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुददे पर श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं

इससे पहले मुख्यमंत्री ने योग से निरोग कार्यक्रम का श्भारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि योग से निरोग हुआ जा सकता हप प्रदेश कोरोना इंदौर में मध्य भारत का सबसे बड़ा सर्व स्विधाय्क्त कोविड केयर सेंटर श्रू हो गया

सतना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने जनता से अपने अपने घरों में रहने की अपील की हाजबलप्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी करते लोगों पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने दो निजी अस्पतालों के दो डॉक्टरों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया हा

केन्द्र अन्न योजना केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आगामी दो महीने तक गरीबों को निशूल्क अनाज उपलब्ध कराएगी इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निश्ल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कडी होगी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

लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट आईएन पर पंजीकरण करा सकते हैं पहली मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम श्रू हो जायेगा फर्जी खबर सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को खारिज कर दिया हा जिसमें कहा गया है कि नींबू और मीठा सोडा खाने से कोविड का इलाज हो सकता है सरकार ने कहा हा कि इसका कोई वाम्रानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं

वे तीन दिन में ही ठीक हो गए

हरसिंगार यानि पारिजात का पौधा बहत ही उत्तम औषधि हा